देश भर के सभी कॉलेजों की फीस विषय प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी के लिए राज्य सरकार ने शुरू किया एस्पायर पोर्टल

कल इसे कल विधानसभा में रखा जा सकता है

शैक्षणिक सत्र के मद्देनजर शिक्षकों के तबादलों पर प्रतिबंध लगाया गया है वहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादलों के मामले अब सीएम समन्वय में नहीं आएंगे जिले के अंदर होने वाले तबादलों के लिए मंत्रियों को अधिकार दिया गया है भोपाल में अर्बन डिवेलपमेंट इंस्टिट्यूट की स्थापना की भोपाल जायेगी विस आरक्षण लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण दस वर्ष और बढ़ाने संबंधी विधेयक के अनुमोदन के लिए राज्य विधानसभा का दो दिन का विशेष सत्र आज शुरू हआ पहले दिन विधानसभा सदस्य बनवारीलाल शर्मा और भूतपूर्व सदस्य रूगनाथ सिंह आंजना को श्रद्वांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई संभावना है कि कल आरक्षण संबंधी विधेयक को अनुमोदन मिल सकता है

एस्पायर पोर्टल राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने आज राज्य मंत्रालय में एस्पायर पोर्टल को लांच किया किया इस दौरान श्री चौधरी ने कहा कि यह पोर्टल मध्यप्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए सहायक सिद्द होगा

प्रदेश को अब तक कुल सत्ताइस पदक मिले हैं

मंत्री आरिफ अकील की मौजूदगी में राजधानी भोपाल की ताजुल मसाजिद में ऑनलाइन लॉटरी खोली जाएगी

वे संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय में गुलाबी आवेदन जमा करने होंगे

वहीं परीक्षा में भील जनजाति को लेकर पूछे गए आपत्तिजनक सवाल पर अजाक थाना पुलिस ने आयोग के अधिकारियों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है पुलिस उपमहानिरीक्षक रुचिवर्धन मिश्र ने बताया कि इस मामले में लोकसेवा आयोग को नोटिस जारी कर जिम्मेदार अधिकारियों के बारे में पूछा जाएगा

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा दिवस के अवसर पर शुरू हो रहे अभियान के तहत शत प्रतिषत दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है होषंगाबाद देवास आगर मालवा सिवनी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिला प्रषासन ने इस अभियान की सपफलता के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं वहीं सागर में पल्स पोलियो अभियान के संबंध में जनजागरूकता रैली का आयोजन कल किया गया है पीएम परीक्षाचर्चा देशभर के विद्यार्थी शिक्षक और माता पिता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं

प्रधानमंत्री मोदी प्रश्नों के उत्तर देंगे और विद्यार्थियों से परीक्षा के तनाव से निपटने के बारे में बातचीत करेंगे गौरतलब है कि पिछले वर्ष परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि परीक्षा को लेकर तनाव से स्थिति और बिगड़ जाती है उन्होंने कहा कि परीक्षा परिणामों की चिंता किये बगैर विद्यार्थियों को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए ज्ञान अर्जित करना चाहिए अधिवक्ता परिषद चुनाव प्रदेषभर के वकीलों की संस्था राज्य अधिवक्ता परिषद के लिए कल मतदान होगा

मौसम प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश होने के साथ ही ठण्ड तेज हो गई है पिछले चौबीस घण्टों के दौरान ग्वालियर उज्जैन भोपाल सागर संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश हुई राजधानी भोपाल में भी देर रात बारिश हई और सुबह कोहरा छाया रहा

शिवपुरी में कल रात से रूक रूककर बारिष हो रही है

गुना और अशोकनगर जिले में आज भी बारिष हुई मौसम विभाग ने आज ग्वालियर चंबल रीवा सागर भोपाल उज्जैन और जबलपुर संभागों में गरज चमक के साथ बौछारे पड़ने क अनुमान जताया है वहीं ग्वालियर चंबल सागर रीवा और भोपाल संभागों में कोहरा छाये रहने की चेतावनी जारी की है

बड़वानी और डिण्डौरी जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत नुक्कड़ नाटक चित्रकला प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता के माध्यम र्से जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है